महेंद्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थय मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार का दो साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है मंडी में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं

इस अवसर उन्होने कहा कि सरकार ने समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई है सुभाष ठाकुर ने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार संभावनाए हैं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समी मूलभूल सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं जनजातीय जिले लाहौल स्पीति और किन्नौर की उंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो रहा है जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने श्रीकांत बाल्दी को रेरा अध्यक्ष बनाए जाने की खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सेवानिवृति से पहले ही मुख्य सचिव बाल्दी को मिली नियुक्ति सरकार ने बनाए रेरा के अध्यक्ष बडालिया और राजीव होंगे सदस्य दैनिक भास्कर का शीर्षक है डॉ बाल्दी बने रेरा के चेयरमैन खाची हो सकते हैं अगले सीएस दिव्य हिमाचल के शब्द हैं अनिल खाची होंगे नए मुख्य सचिव डॉ श्रीकांत बाल्दी पहली जनवरी को विधिवत संभालेंगे रेरा चेयरमैन का कार्यभार पंजाब केसरी की एक खबर है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद डमटाल में स्टील प्लांट बंद प्रतिबंधित तेल कर रहे थे इस्तेमाल आयुर्वेद घोटाले के तीन आरोपी डॉक्टर किए गए बहाल शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है अब एसीएस करेंगे मामले की जांच दैनिक जागरण ने खबर दी है बिंदल को राहत हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका दिव्य हिमाचल लिखता है राजीव बिंदल के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला खारिज

दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार नगर परिषद भर्ती मामले में डॉ बिंदल को क्लीन चिट पंजाब केसरी के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के खिलाफ दायर याचिका खारिज अजीत समाचार का कहना है विधानसभा अध्यक्ष व अन्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा मामला खारिज आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है सीएए देश की अखंडता के लिए अहम दैनिक जगारण की एक खबर है एचपीयू से स्नातक प्रदेश में नौकरी के लिए अपात्र

नमस्कार